प्रदेश में कोविड टीकाकरण से छटे हैल्थ केयर और फ्रंटलाईन वर्कर्स के टीकाकरण के लिए कल मॉपअप राउण्ड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगले महीने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स में राज्यपाल केन्द्रीय रक्षामंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से चादर पेश की गई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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

अब तक हुए टीकाकरण में राजस्थान देश भर में अव्वल रहा है

चिकित्सा मंत्री ने इस उपलब्धि के लिये टीका लगवाने वालों और टीकांकरण टीमों को बधाई दी

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघुशर्मा ने बताया कि मॉपअप राउंड में हैल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर किसी भी सत्र स्थल पर जाकर टीकाकरण करवा सकते हैं उन्होंने बताया कि जो हैल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर अपने निर्धारित केन्द्र पर तय समय पर पहली या दूसरी डोज नहीं ले सके उनके लिये ये व्यवस्था की गई है करौली में कोविड टीके लगवाने के लिये लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से और टीकाकरण के बाद जरूरी सावधानियां बरतने संबंधी जागरूकता के लिए आज जागरूकता रथ को रवाना किया गया मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश चन्द मीना ने इसे इंडी दिखाकर रवाना किया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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने द्वीट कर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया है श्री मोदी ने छात्रों से अपील की कि वे बिना किसी तनाव के मुस्कराते हुए अपनी परीक्षाओं में शामिल हों

यह एक गंभीर काम न होकर रोचक तथा मनोरंजन से भरपूर चर्चा वाला आयोजन रहेगा प्रधानमंत्री ने छात्रों उनके शानदार अभिभावकों तथा मेहनती शिक्षकों से कहा कि वे इस कार्यक्रम में बढचढकर हिस्सा लें

इससे पहले वे वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में संयुक्त सचिव थे श्री रेड्डी ने जयदीप भटनागर का स्थान लिया है जो पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी में विशेष कार्याधिकारी बनाए गए हैं श्री भटनागर पहली मार्च से पीआईबी में प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे

राज्यपाल के सचिव सुबीर कुमार ने मजार पर चादर पेश की और राज्यपाल के संदेश को पढ़कर सुनाया श्री मिश्र ने अपने संदेश में कहा कि यतीमों की मदद करने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भावात्मक एकता और सौहार्द के प्रतीक माने जाते हैं ख्वाजा साहब ने अमन और शांति के साथ मोहब्बत का जो संदेश दिया वह सभी को प्रेरणा देने वाला है वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मजार पर चादर पेश की और उनका का संदेश पढ़कर सुनाया केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ओर से भी आज चादर चढ़ाई गई

पश्पालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि इस अभियान में अब तक दो हजार से ज्यादा शिविर लगाये जा चुके है

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाए साझा करने का आग्रह किया है श्रोता नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं